इस अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह नाहन में आयोजित होगा प्रदेश कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा आयोजित इस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे अकादमी के सचिव कर्म सिंह ने बताया कि समारोह में लेखक गोष्ठी कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री गोबिन्द सिंह ठाकुर करेंगे सभी विभागों के अधिकारियों को जनमंच से पहले प्राप्त जनसमस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं

बोर्ड के सचिव ने बताया कि अभ्यार्थी अपने प्रवेश पत्र बोर्ड की वैबसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए बोर्ड के कार्यालय से भी सम्पर्क किया जा सकता है मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं हालांकि राजधानी शिमला सहित मंडी जिले में रूक रूककर हल्की ब्रंदाबांदी हो रही है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है शिमला और मनाली बनेंगे हॉर्न फ्री सिटी दैनिक भास्कर का शीर्षक है शिमला मनाली को हॉर्न फ्री करेगी सरकार हटाए जाएंगे प्रैशर हॉर्न दैनिक जागरण के शब्द हैं शिमला और मनाली में अब शोर नहीं अजीत समाचार का कहना है मुख्यमंत्री द्वारा हॉर्न नॉट ओके जागरूकता अभियान व शोर नहीं मोबाइल ऐप का शुभारंभ

हिमाचल में बनेगी छह नई सुरंगे शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है उना के गगरेट मुबारिकपुर अंब के साथ रामपुर कुल्लू के जलोड़ी पास को सौगात पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए सरकार के फैसले को दैनिक भास्कर ने सुर्खी दी है पिछले महीने ली दालों के खाली पैकेट जमा करवाने पर ही मिलेगी अगले माह की दालें

हिमाचल दस्तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है स्कीमें ऐसी बनाओ जो रोज़गार पैदा करे अमर उजाला के शब्द हैं रोज़गार कार्यालय मार्गदर्शन केंद्रों में बदलेंगे अजीत समाचार का कहना है रोज़गार व स्वरोजगार सूजन पर देंगे विशेष बल आपका फैसला के मुताबित हर साल दो लाख युवाओं को रोज़गार देना असंभव जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है काम में ढीले अफसरों पर जयराम सख्त अमर उजाला की एक खबर है राजधानी में टनल से गुजरेगा अब आधे से ज्यादा ट्रैफिक अब एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय उम्मीद जागती पहल में लिखा है कि उद्योगों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने अच्छी पहल की है जिसके अनुसार जमीन लीज नियमों में बदलाव किया जाएगा ताकि निवेशकों की राह आसान हो सके और बेरोजगार युवाओं को काम मिल सके दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय परमार से जयराम तक में लिखा है कि हिमाचल आज प्रगति के हर सूचक पर देश में अव्वल है तो राज्य के निर्माण में वाईएसपरमार से जयराम सरकार तक के सफर को हमें मुख्यमंत्रियों के विज़न से जोड़कर देखना होगा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

नमस्कार